पीएमसीएच में अब तक दो हजार पच्चीस लोगों में बीमारी की पुष्टि शिवानंद तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में महामारी का रूप ले रहे डेंगू के मरीजों की संख्या सात हजार के पार पहुंच गयी है पटना के पीएमसीएच में अब तक दो हजार पच्चीस मरीजों में बीमारी की पुष्टि हो चुकी है कई निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है पटना के अलावा गया औरंगाबाद जहानाबाद नवादा नालंदा पूर्णिया भागलपुर और कई अन्य जिलों में भी डेंगू के अनेक मामले सामने आये हैं इधर एनएमसीएच और आरएमआरआई में डेंगू के साथ ही सात मरीजों में चिकुनगुनिया की भी पुष्टि हुई है राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पार्टी का पद छोड़ दिया है उन्होंने सक्रिय राजनीति से भी संन्यास लेने की घोषणा की है उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पार्टी की जिस भूमिका का निर्वहन अबतक वो कर रहे थे उससे छुट्टी ले रहे हैं बताया जाता है कि हाल के दिनों में पार्टी के भीतर अपनी उपेक्षा से श्री तिवारी आहत थे अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पटना सहित देश के विभिन्न शहरों में हुनर हाट का आयोजन किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसकी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत होगी श्री नकवी ने कहा कि इन हाटों के माध्यम से लाखों कलाकारों शिल्पकारों और खानपान के पारंपरिक जानकारों को अगले पांच वर्ष में सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि हुनर हाटों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में ढाई लाख से अधिक रोजगार के अवसर सूजित किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सताईस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से सोशल मीडिया पर बेटियों की उपलब्धियों को प्रमुखता देकर इसे भारत की लक्ष्मी नाम देने का अनुरोध किया था भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी के रूप में माने जाने की बात करते हुए उन्होंने इस दिवाली पर गांवों कस्बों तथा शहरों में बेटियों को सम्मानित करने का अनुरोध किया था भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंध् ने प्रधानमंत्री के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है सिंधु और अभिनेत्री दीपिका पाड़कोण ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली बेटियों को सम्मानित करने का अनुरोध किया है बाईट कहते हैं कि एक लक्ष्मी अपने घर में समृद्धि और सुख लाती है लेकिन सिंधू ताई जैसी देश की बेटियां पूरे भारत का नाम रौशन करती हैं तो ये दिवाली ऐसे ही भारत की लक्ष्मियों के नाम करें ढूंढिये अपने आसपास ऐसे ही होनहार कहानियां और शेयर करें सोशल मीडिया पर

जय हिंद हैप्पी दिवाली वीडियो को शेयर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति प्रतिभा दृढ़ता दृढ़ संकल्प और समर्पण की प्रतीक है

इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करें और हैशटैग यूज करें भारत की लक्ष्मी उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित सभी मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपने यहां स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा इन मामलों को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है इधर केंद्र ने मध्यस्थों को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए सोशल मीडिया के मानक तय करने के लिए अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी तक का समय मांगा है इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी दो हजार बीस में होगी राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने ऑनलाईन विभिन्न प्रमाण पत्रों के वितरण और रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों को लागू करने को कहा है श्री चौहान आज आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अट्ठाईसवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विश्वविद्यालयों से गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यों को बढ़ावा देने की अपील की दस बैंकों के विलय के विरोध और अपनी अन्य मांगों को लेकर देश भर के बैंक कर्मी आज हड़ताल पर रहे हड़ताल के कारण ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा इधर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आज रात से ट्रकों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हे बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि कर्मठ अनुभवी कुशल संगठनकर्ता और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा अध्यक्ष को जन्म दिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायू होने का कामना की है वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर श्री शाह को शुभकामनाएं दी मौसम विभाग ने पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान बादल छाये रहने और हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना जतायी है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तटीय इलाके में निम्न दबाव के कारण साईक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मौसम के रूख में परिवर्तन हो रहा है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि चौबीस अक्टूबर से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है पटना के बेऊर जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को सुरक्षा कारणों से भागलपुर जेल भेज दिया गया है अनंत सिंह एके सैंतालीस रायफल बरामदगी मामले में गिरफ्तारी के बाद अभी बेऊर जेल में बंद थे जमुई जिले के चकाई प्रखंड में अवैध और अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित सत्तर शिक्षकों के नियोजन को रदद किया जायेगा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने इन शिक्षकों का नियोजन रद्द करने की अनुशंसा करने के लिए नियोजन इकाई को पत्र लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क तथा संचार ब्यूरो की ओर से आज पटना के मसौढ़ी में पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने इसका शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महात्मा गांधी के स्वच्छता के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता पदयात्रा का भी आयोजन किया गया इस मौके पर लोक संपर्क और संचार ब्यूरो पटना के निदेशक विजय कुमार पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार आरओबी के सहायक निदेशक एन एन झा क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे विजय मर्चेंट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट ट्राफी के अंतर्गत बिहार का तीसरा मुकाबला असम के खिलाफ कल से पटना के उर्जा स्टेडियम में खेला जायेगा टीम के कोच अली रशीद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम के हौंसले ब्रंलद हैं नवादा जिले के सिरदला प्रखंड क्षेत्र में बिजली विभाग ने सघन छापेमारी अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वाले ग्यारह आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के जंदाहा बाजार से पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज राय को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गोपालगंज जिले के कोचायकोट थाना क्षेत्र में वाहन तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या सात हजार से अधिक हुई

शिवानंद तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार